सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं अट्ठारह से चौवालीस वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है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

इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेत एप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं अब तक को विन ऐप पर दो करोड छाछठ लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा प्रदेश में भी अट्ठारह वर्ष से चौवालीस वर्ष तक के लोगों का कोविड टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय से कोविड टीकाकरण महाभियान के तीसरे चरण का शुमारम्भ किया फिलहाल यह टीकाकरण अभियान राज्य के उन सात जिलों में चलाया जा रहा है जहां नौ हजार से अधिक संक्रमितों का उपचार हो रहा है बाद में यह अभियान अन्य शहरों में भी चलेगा अभी लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर मेरठ और बरेली में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष तक के लोगों को टीका लगाया जाएगा

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन से ठीक हए मरीजों की संख्या संक्रमित हुए व्यक्तियों की संख्या से अधिक है पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के तीस हजार तीन सौ सत्रह नए मामले सामने आए हैं जबकि अड़तीस हजार आठ सौ छब्बीस लोग इस बीमारी से स्वस्थ हए हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन सौ तीन लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है प्रदेश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या तीन लाख एक हजार आठ सौ तैंतीस है इस बीच राज्य में कल एक दिन में दो लाख छियासठ हजार तीन सौ छब्बीस कोविड नमूनों की जांच की गयी इनमें से एक लाख नौ हजार से अधिक जांच आरटी पीसीआर विधि से की गईं राज्य में अब तक चार करोड़ दस लाख चौसठ हजार छ सौ इकसठ नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की कल होने वाली मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गयी है राज्य में पंचायत चुनाव चार चरणों में पन्द्रह उन्नीस छब्बीस और उन्तीस अप्रैल को सम्पन्न हुए थे भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों को राहत देते हुए कहा है कि वे अब अपने केवाईसी को अद्यतन कराने के लिए उसका विवरण डाक या ई मेल से भेज सकते है इसके लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नयीन खंडेलवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए ऑफलाइन बुकिंग पहले ही बंद कर दी गयी थी लेकिन ऑनलाइन बुकिंग चालू थी अब इसे भी बंद कर दिया गया है श्री खंडेलवाल ने बताया कि इसके साथ ही चूका पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों के ठहरने पर भी रोक रहेगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें क्योंकि यह हानिकारक हो सकती है

वर्ष सोलह सौ इक्कीस में पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर जी छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद जी के सबसे छोटे पुत्र थे सिद्वांतवादी और निर्मीक योद्वा माने जाने वाले गुरु तेग बहादुर आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे जिनके एक सौ पन्द्रह पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गुरू तेग बहादुर जी के चार सौवें प्रकाश परब की शुभकामनायें दी हैं

श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस विश्वमर में मनाया जाता है इसे मई दिवस भी कहते हैं यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मई दिवस की हार्दिक शुभकामनायें दी हैं